केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिये देशवासियों को परामर्श जारी किया है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिये कल विशव पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक एक पौध लगाये

इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय वाय् प्रद्रषण है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के दिशा में पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है इस कड़ी में आगे बढ़ते हये गत वर्ष फसलों की आगज़नी को प्राकृतिक आपदा श्रेणी में शामिल किया था और अब नहर टूटने या ओवर फलो के कारण होने वाले फसलों के न्कसान की भरपाई भी की जायेगी इसके अलावा बाढ़ से अगर किसी किसान का नल कून खराब होता जाता है तो इसके लिये भी सरकार शीघ्र ही एक नीति बनायेगी श्री धनखड़ आज चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे

इस प्रकार दूसरे वर्ष बीस हजार तीन सौ छियालीस किसानों ने छियासठ हजार दो सौ पचास एकड़ की पंजीकरण करवाया तथा उन्हें नौ करोड़ चालीस लाख रूपये की भरपाई की गई

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक अशोक कनौजिया ने आज भिवानी में पिछड़ वर्ग एवं आर्थिक रूप से कल्याण निगम के भिवानी कार्यालय में आज दिव्यांगों व पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्व रोज़गार हेतु ऋण के चैक वितरित किये श्री कनौजिया ने अपने सम्बोधन मे कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों दविव्यांगों व अल्प संख्यकों के कल्याण हेत् वचनबदव है उन्होंने बताया कि निगम दवारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेत् विभिन्न योजनाये एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है

उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ऋण के लिये आवेदन कर रखा है उनको आगामी दो माह मे ऋण की राशि वितृत कर दी जायेगी

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते बताया कि हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस समारोह के म्ख्य अतिथि होंगे

राव इन्द्रजीत सिंह आज रेवाडी में जिला अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जिन गांवो के जोहडो को पानी से भरने के लिए नहरों से नहीं जोडा गया है उन गांवों के जोहडो को पानी से भरने के लिए योजना बनाकर भैजे ताकि पाईप के दवारा जोहडो को भरा जा सकें केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मसानी बैराज में बावल रेवाडी व धारूहेडा का दूषित पानी ट्रीट करके ही छोडा जाए केनद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हये स्रक्षित रहने के लिये एडवाईजरी जारी की है वर्तमान में उत्तरप्रदेश राजस्थान विदर्भ मध्य प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में तीव्र लू व गर्मी की स्थिति बनी हई है मंत्रालय ने कहा कि इस भीषण गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो सकता है

लोगों को ये भी सलाह दी गई कि वे थोडे थोडे अंतराल पर पानी पिये और लस्सी नींबू पानी या फलों के रस जैसे नमकीन पेय ग्रहण करें हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हए कहा कि कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ विधानसभा च्नाव में परिस्थितियों को बदलना है उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव में मजबूती से एकजुट होकर लड़ना है और हरियाणा में सरकार बनानी है

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ने के लिए आभार जताया और साथ ही दावा किया कि आने वाले विधानसभा च्नाव में सिरसा की पांचो विधानसभा सीटो पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी अशोक तंवर ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने के लिए आहवान किया

चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले सभी रोजेदारों का हाल चाल जाना उन्होंनें कहा कि भारत देश हिन्दु म्स्लिम सिख व इसाई सभी धर्म मजहब का देश हैं यहाँ सभी मजहब के लोग प्यार प्रेम से रहते हैं तथा एक दूसरे के स्ख दूख में काम आते हैं विदेशी निवेशको ने पिछले महीने भारतीय पूंजी बाज़ारों में नौ हजार करोड़ रूपये से भी अंधिक का निवेश किया ये निवेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के चलते व्यापार के अन्कूल वातावरण के साथ उम्मीद से किया गया दिलचस्पी की बात ये है विदेशी निवेशकों ने मई के पहले तीन हफ्तों तक कोई विक्रय नहीं किया परन्त् चुनाव के नतीजों के घोषित होने के त्रंत पहले इस प्रवृति में बदलाव आया

खडक कोर दवारा आयोजित इस अभ्यास का मुख्य बिन्द् विपरीत परिस्थितियों में फर्ती के प्रहार करने के लिये आध्निक तौर तरीकों को आज़ाना था इस अभ्यास में भारतीय वाय् सेना के पैरा ड्रोप ने थल सेना की मदद के लिये मैदान ए जंग में किये जाने वाले हवाई हमलों को भी आज़माया सफलतापूर्वक सम्पन्न हये इस अभ्यास में खड़ग कोर को कार्यवाई की उच्च स्तरीय तैयारी एवं कई महत्वपूर्ण पहलू सीखने को मिले हरियाणा पंजाब में कई जगह गर्म हवाओं का प्रकोप जारी है मौमस विभाग से मिली जानकारी के अन्सार प्रदेश में कई जगह बारिश होने के समाचार मिले है मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण ईकाइ दवारा बरवाला व पिंजौर में कार्यक्रम आयोजित करके बाल अधिकारों की जानकारी दी गई बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के लिये आयोजित इन कार्यक्रमों में बाल मजदूरी पोस्को अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूक किया गया